केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थिरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है चुने गये क्षेत्रों में इनसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएन्जा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने सभी से इस मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की बाइट जो भी समाज में देश के बारे में सोसायटी के बारे में गहराई और गंभीरता से सोचता है उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने तरीके से आप क्रूपया इस संदेश को भारी पैमाने पर बड़े पैमाने पर इसको फैलाए और एक भी बच्चार इस बार टीके के अभाव में वंचित न रहें

इसका उद्देश्य पहले से चलाए जा रहे मिशन इन्द्रधनुष की क्षमता और दायरा बढ़ाकर स्वास्थ्य से इतर अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करके रोगों की दृष्टि से अधिक संवेदनशील आबादी तक पहुंचना था यह नियमित टीकाकरण को जन आन्दोलन बनाने का प्रयास है प्रदेश में सघन टीकाकरण मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण अभियान चार चरणों में चलाया जायेगा

राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि इस अभियान के दौरान खास जोर पहले टीकाकरण अभियान के तहत छूटे हुए बच्चों टीकाकरण से बचने वाले परिवारों और दूरदराज के इलाकों के साथ ही वनवासी और शहरी कुपोषित बच्चों पर रहेगा सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

बदायूं में जिलाधिकारी ने ग्राम जगत विकासखंड के अन्तर्गत पडौआ में आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला कर मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम का शुभारम्भ किया वहीं बलरामपुर प्रतापगढ़ आजमगढ़ सहित अन्य जनपदों में भी आज मिशन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एंव बच्चों के टीकाकरण की शुरूआत की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की मृत्यु के मामले की विवेचना में देरी को बेहद गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री ने जिले के पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय को तत्काल प्रभाव से हटा कर डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये हैं शामली के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को मैनपुरी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिये दोबारा पत्र भेजा जाये घटना के संबंध में मैनपुरी के भोगांव थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना सीबीआई से कराये जाने का अनुरोध पत्र प्रदेश सरकार की तरफ से गत सत्ताईस सितम्बर को केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है सीबीआई द्वारा इस प्रकरण की जांच अपने हाथ में लिये जाने तक मामले की त्वरित कार्रवाई के लिये राज्य सरकार ने तीन सदस्योय एसआईटी का गठन भी किया है

एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और पुलिस प्रमुखों से इस संबंध में कल तक जवाब देने को कहा है

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल नई दिल्ली में दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में उततर प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता राज्य सरकार की ओर से विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उप राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे सुगम्य भारत अभियान के क्रियान्वयन के लिये उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट को सर्वोत्तम दिव्यांगजन हितैषी वेबसाइट के लिये चुना गया है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

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त हुई एक सीट पर नामांकन भरने के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी अरूण सिंह ने लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस सीट पर किसी अन्य दल द्वारा उम्मीदवार नहीं खड़ा करने के कारण भाजपा प्रत्याशी अरूण सिंह का राज्यसभा के लिये निविरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है

तंजीन फातिमा प्रदेश की रामपुर सदर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बन गई है बागपत में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पांच दिन के अन्दर सजा दिलान में सहयोग करने वाले पुलिस कर्मियों को शासन स्तर से पचास हजार रूपये का नगद ईनाम एवं विशेष प्रविष्टि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया कि न्यायालय में आरोपी के विरूद्व प्रभावी पैरवी करने वाले अभियोजन विभाग के दो अधिकारियों को भी उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये विशेष प्रविष्टि दी जायेगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने एवं उत्साहवर्धन के लिये यह निर्णय लिया गया है

गोमतीनगर के संत गाडगे प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में कल मुख्य अतिथि जितेन्द्र कुमार प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति और विशिष्ट अतिथि उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर माहरूख मिर्जा ने दोनों साहित्यकारों को पच्चीस पच्चीस हजार रूपये अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया इस मौके पर मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया इससे पूर्व समारोह में अतिथियों ने दिवंगत गीतकार प्रोफेसर राम स्वरूप सिन्दूर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्वाजंलि अर्पित की

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में ई सिगरेट के उत्पादन व्यापार लाने ले जाने भण्डारण और विज्ञापन पर प्रतिबध का प्रावधान है विधेयक का उद्देश्य लोगों को ई सिगरेट के दूष्प्रभावों से बचाना है

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ई सिगरेट तंबाकू का हानिरहित विकल्प बिल्कुल नहीं है बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं इस बिल के तहत पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए एक साल कैद की सजा और एक लाख रूपये जर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है इसके अलावा इस विधेयक में ई सिगरेट के भंडारण को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है और इसमें दोषी पाये गये व्यक्ति को छह महीने तक की कैद पचास हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं दिवाकर के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली भारत हज के लिए जाने वाले लोगों की यात्रा से संबंधित समूची प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बअास नकवी ने कल जेद्दाह में भारत और सऊदी अरब के बीच अगले साल हज यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के मौके पर यह बात कही श्री नकवी ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन ई वीजा हज मोबाइल ऐप ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा ई सामान प्री टैगिंग के जरिए भारत में ही मक्का और मदीना में आवास और परिवहन के संबंध में हज यात्रियों को सभी जानकारी देने का इतजाम किया गया है